राज्य में नए मतदाताओं विशेष रूप से अट्ठारह से उन्नीस आयु वर्ग की युवक युवतियों और दिव्यांगजनों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

मुख्यमंत्री टिफिन वितरण योजना मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा काम लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है राज्य सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को बेहतर जीवन का अधिकार मिले और गरीब से गरीब व्यक्ति के घर ख्शहाली आए मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले एक से डेढ़ महीने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के दस लाख तिरासी हजार मजद्रों को तीन बॉक्स वाले टिफिन वितरित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि गरीबों और मजदूरो के लिए स्मार्ट फोन टिफिन चरण पाद्का पक्का मकान हर घर बिजली जैसी योजनाएं उनके स्वाभिमान से जुड़ी योजनाएं हैं डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है पिछले अट्ठारह वर्षों में छत्तीसगढ़ विकास की लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है समारोह को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने भी संबोधित किया राहुल गांधी छत्तीसगढ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के नए कार्यालय राजीव भवन का उदघाटन किया इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस गरीबों किसानों आदिवासियों महिलाओं युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है राहुल गांधी ने कहा कि जो युवाओं महिलाओं और किसानों की बात नहीं करेगा उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासियों किसानों और गरीबों की अनदेखी कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास केवल कागजों तक सीमित है श्री गांधी ने नए कांग्रेस कार्यालय के उदघाटन पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि यह कार्यालय उनकी मेहनत का नतीजा है श्री गांधी ने इस दौरान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ध्वज देकर जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ भी किया इससे पहले श्री गांधी के रायपूर पहुंचने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेलविधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव सांसद ताम्रध्यज साहू पूर्व सांसद चरणदास महंत सहित पाटी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया ग्राम सभा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में आम जनता की भागीदारी के लिए प्रदेश के लगभग बीस हजार गांवों में आगामी बीस अगस्त से ग्राम सभाओं का सिलसिला शुरू होगा इस संबंध में पंचायत संचालनालय ने परिपत्र जारी कर दिया है परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के हर गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी इसके लिए कलेक्टरों को जनपद पंचायतों के स्तर पर समय सारिणी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं परिपत्र में यह भी कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठकों के लिए तारीखें इस तरह निर्धारित की जाएं कि हर ग्राम सभा में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव मौजूद रह सकें ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन और पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण होगा तथा इन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन किया जाएगा इसके अलावा बाजार कांजी हाउस आदि की भी समीक्षा होगी आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन की तैयारियों की कल समीक्षा की गई समीक्षा बैठक राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदु भूषण ने ली समीक्षा बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक ने बताया कि राज्य में आयुष्मान भारत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है इसके तहत अस्पताओं का इंपैनल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा आयुष्मान मित्रों का प्रशिक्षण और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के गरीब और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लगभग पचास लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा श्रीमती बारिक ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है मतदाता सूची अभियान केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में नए मतदाताओं विशेष रूप से अट्ठारह से उन्नीस आयु वर्ग की युवक युवतियों और दिव्यांगजनों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी चौधरी के निर्देश पर कल जिला कार्यालय परिसर में रायपुर ग्रामीण रायपुर नगर पश्चिम और रायपुर नगर दक्षिण के बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अट्ठारह उन्नीस आय् वर्ग की युवक युवतियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए उन्होंने अनुपस्थित स्थानांतरित और मृत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के भी निर्देश दिए वहीं रायपुर कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला स्वीप कोर कमेटी का गठन किया है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी को कमेटी का अध्यक्ष और नोडल अधिकारी बनाया गया है

दोनों परीक्षाओं में लगभग अठासी हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे इनमें अटठाईस हजार से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राजधानी के पेंशनबाड़ा स्थित मंडल कार्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने परिणाम की घोषणा की उन्होंने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी वहीं असफल विद्यार्थियों को हताश न होते हुए और अधिक मेहनत से पढ़ाई कर सफलता हासिल करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं दसवीं की पूरक परीक्षा में इस बार बावन हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिनमें बारह हजार से अधिक विद्यार्थी सफल हुए हैं वहीं बारहवीं की पूरक परीक्षा में इस साल पैंतीस हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिनमें लगभग सोलह हजार विद्यार्थी सफल हुए इसके अलावा हायर सेकेडरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा में तिरासी विद्यार्थी शामिल हुए थे जिनमें सत्तर विद्यार्थी सफल हुए दाल खरीदी केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने समर्थन मूल्य योजनाओं के तहत खरीदी गई दाल के भंडार से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत रियायती दर पर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दलहन जारी किए जाने की मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हए केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस योजना के तहत राज्यों से कहा गया है कि वे मौजूदा थोक बाजार मूल्य से पंद्रह रूपये की रियायत पर दाल उत्पादक राज्यों से चौंतीस लाख अठासी हजार मीट्रिक ेटन अरहर चना मसूर मूंग और उड़द की दाल उठा सकते हैं पब्लिक बाइसिकल सेवा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पर्यावरण हितैषी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और आर्थिक रूप से फायदेमंद पब्लिक बाइसिकल सेवा का शुभारंभ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए भी किफायती और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगी शुभारंभ अवसर पर मौजूद स्कूली बच्चों को पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग के कार्ड वितरित कर सेवा की शुरूआत की गई नया रायपूर के बीआरटीएस सेंटर तथा प्रमुख स्थानों बाजारों आवासीय कॉलोनियों और मनोरंजन केंद्रों में दस आध्निक साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं जहां से साइकिल ली अथवा छोड़ी जा सकेगी गौरतलब है कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण एनआरडीए द्वारा शुरू की गई इस सेवा से नागरिकों को न्यूनतम दरों पर किराए से साइकिल उपलब्ध हो सकेगी

श्री टावरी के निधन पर राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया है

इस संगोष्ठी में देशभर के जाने माने सौ से ज्यादा पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार और शोधार्थी शामिल हो रहे हैं